कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के लिए ये गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है उन्होंने कहा कि सौ वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाये हैं प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोना से लड़ने के ये मंत्र याद रखना चाहिए दवाई भी कड़ाई भी प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए परम्परागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को अपनाना भी जरूरी है

कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश सरकार ने इस बार लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही घर पर होली खेलने का आग्रह किया है इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनायें दी हैं उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आन्नद उमंग हर्ष और उल्लास का ये त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई उर्जा का संचार करे इधर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी लोगों को होली उत्सव की बधाई दी है राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि ये त्योहार भाईचारे की भावना को सुदृढ़ कर देश की एकता व अखण्डता को और मजबूती प्रदान करेगा अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा की इस पर्व से सामाजिक सौहार्द को और मजबूत बनाने में सहायता मिलती है केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र सिंह प्रेम कुमार ध्मल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी लोगों को होली पर्व की शुमकामनाएं दी हैं त्योहारों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने पहले ही राज्यों को भीड़ नियंत्रित करने के आवश्यक उपाय करने को कहा है इन उपायों में मास्क लगाना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना शामिल है केन्द्र ने लोगों को इस बारे में सतर्क करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि जारी है

राजधानी शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में आसमान पर बादल छाये हुए हैं

और अब एक नज़र अख़बारों की सुर्खियां पर आज सभी समाचार पत्रों ने कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

अमर उजाला लिखता है रिकार्ड दो माह पहले यातायात के लिए बहाल हुआ मनाली लेह मार्ग दैनिक जागरण के शब्द हैं इस बार मार्च में बहाल हुआ मनाली लेह मार्ग

कब से देना होगा बढ़ा हुआ चालान स्थिति साफ नहीं शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है सरकार की अधिसूचना के इंतजार में परिवहन विभाग मौसम से जुड़ी खबर को भी अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है